सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर कल से शुरू हुए तीन दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बीते वर्षो से भारत भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल कर रहा है उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ना केवल एक एजेंसी का काम नहीं है बल्कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गर्व से कहा जा सकता है कि देश ने घोटाले के युग को पीछे छोड़ दिया है आज गरीबों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के जरिए शत प्रतिशत सहायता राशि उनके बैंक खातों के जरिए भेजी जा रही है उन्होंने कहा कि सरकार अब नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रयत्नशील है इधर छत्तीसगढ़ में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है इस वर्ष का विषय है सतर्क भारत समृद्ध भारत इसी कड़ी में दुर्ग जिले के भिलाई रिसाली स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के मुख्यालय में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया इस अवसर पर बीएसएफ के अधिकारियों कर्मचारियों और जवानों ने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए कार्य करने की शपथ ली कृषि उपज मण्डी विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में कल छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी संशोधन विधेयक दो हजार बीस को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने इस विधेयक पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक का कोई भी प्रावधान केन्द्र सरकार के कानून का उल्लंघन नहीं करता है राज्य सरकार केंद्रीय कानूनों का अति क्र मण नहीं कर रही है इस संशोधन विधेयक के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों गरीबों मजदूरों और उपभोक्ताओं के हितों तथा अधिकारों की रक्षा हो सकेगी कृषि मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कृषि पर आधारित है कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि किसानों की उपज की गुणवत्ता के आधार पर सही कीमत सही तौल और समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए डीम्ड मण्डी तथा इलेक्ट्र ॉनिक ट्रे डिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना किया जाना किसानों के हित में आवश्यक है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि यह विधेयक प्रदेश के किसानों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए लाया गया है

पहले पंजीयन की तारीख इकतीस अक्टूबर तक निर्घारित की गई थी खाद्य विभाग ने इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्तों जिला कलेक्टरों पंजीयक सहकारी संस्थाएं और अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं किसान रेल भारतीय रेलवे द्वारा किसानों की मदद करने और देशभर में कृषि उत्पादों की तेज दुलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसान रेल चलाई जा रही है इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आज नागपुर मंडल के छिंदवाड़ा से हावड़ा स्टेशन तक अट्ठारह कोच वाली किसान स्पेशल द्रेन महाराष्ट्र छ र ा ी सगढ़ बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के बीच चलाई जा रही है वापसी में यह द्रे न कल उनतीस अक्टूबर को हावड़ा से छिंदवाड़ा स्टेशन के लिए रवाना होगी इस किसान रेल में सब्जी और फल के परिवहन भाड़े में पचास फीसदी की छूट दी जा रही है इसके जरिये किसान अपने उत्पाद देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुंचा सकते हैं मरवाही उपचुनाव प्रचार मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के नेता उम्मीदवार और उनके समर्थक चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं इस बीच भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन कर पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह के पक्ष में प्रचार किया गया सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मरवाही में परिवर्तन लाने के लिए मातुशक्ति से समर्थन मांगा वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय और केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने भी सम्मलेन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने वादे पूरे करने में पूरी तरह असफल रही है दूसरी ओर गौरेला पेण्ड् ा मरवाही जिला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अनेक कार्यकर्ताओं ने आज प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल की मौजूदगी में कांग्रेस में प्रवेश किया गौरतलब है कि मरवाही उपचुनाव के लिए तीन नवंबर को वोट डाले जाएंगे नेशनल वाटर अवॉर्ड केन्द्र सरकार के जलशक्ति मंत्रालय द्वारा जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सूरजपुर जिले को वर्ष दो हजार उन्नीस का नेशनल वाटर अवॉर्ड प्रदान किया जाएगा इनमें बिलासपुर जिले को ईस्ट अंडर रिवाइवल ऑफ रिवर कैटेगिरी में और सूरजपुर जिले को ईस्ट अंडर वाटर कन्जर्वेशन कैटेगिरी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है यह पुरस्कार नवंबर माह में प्रदान किया जाएगा पीडीएस खाद्य सामग्री नमूना प्रदेश में नागरिक आपूर्ति निगम को अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत दी जाने वाली खाद्य सामग्रियों का नमूना रखना जरूरी होगा यह बात छ त्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गूर प्रीत सिंह बाबरा ने बस्तर संभाग के सात जिलों में पीडीएस सिस्टम की वीडियो कॉन्फ्रे सिंग के माध्यम से समीक्षा के दौरान कही उन्होंने बस्तर संभाग की लगभग एक सौ तीस उचित मूल्य की दुकानों को उनके मूल पंचायतों में संचालित कराने के निर्देश दिए साथ ही इस संभाग की एक सौ बीस पहुंचविहीन उचित मूल्य की दुकानों के लिए सुगम पहुंच मार्ग बनाने भी कहा उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण उचित समय पर किया जा सके ई मेगा कैम्प छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा इकतीस अक्टूबर को जिला न्यायालय रायपुर परिसर में ई मेगा कैम्प का आयोजन किया जाएगा ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित इस कार्य क्र म के जरिये आम नागरिकों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्य क्र मों के बारे में जानकारी दी जाएगी आयोजन के संबंध में आज जिला न्यायाधीश रामकुमार तिवारी और जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने बैठक ली इस आयोजन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के सचिव ने बताया कि आयोजन के प्रारंभिक सत्र का सीधा प्रसारण हाईकोर्ट बिलासपुर से होगा राज्य स्तरीय आयोजन का उद्घाटन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा करेंगे इसके बाद जिला न्यायालय में होने वाले आयोजन का प्रसारण भी ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा रायपुर जिले के अधीनस्थ न्यायालयों के साथ ही करीब सौ स्कुलों में भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा यह कार्य क्र म मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन योजनाओं पर केंद्रित होगा वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर रामानुजगंज द्वारा भी इकतीस अक्टूबर को बाजार पारा स्थित ऑडिटोरियम भवन में ई मेगा कैम्प का आयोजन किया जाएगा राज्य स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक नवंबर को राजधानी रायपुर और सभी जिला मुख्यालयों में स्थित शासकीय भवनों में रौशनी की जाएगी कोरोना सं क्र मण के मद्देनजर इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव पर बड़ा आयोजन नहीं होगा केवल राज्य अलंकरण समारोह का वर्चुअल आयोजन मुख्यमंत्री निवास में किया जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों विभागाध्यक्षों संभागीय कमिश्नरों जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया है कोरोना जागरूकता छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है बीते इक्कीस अक्टूबर को प्रदेश में स्थिक य कोरोना सं क्र मितों की संख्या करीब पच्चीस हजार आठ सौ थी जो अब घटकर लगभग इक्कीस हजार सात सौ ही रह गई है पिछले एक सप्ताह में पंद्रह हजार से अधिक मरीजों ने कोरोना को मात दी है इनमें से लगभग दो हजार मरीजों का इलाज कोविड अस्पतालों या आइसोलेशन सेंटर में चल रहा था वहीं करीब तेरह हजार मरीजों ने होम आइसोलेशन में रहते हुए अपना इलाज कराया है प्रदेश में अब तक डेढ़ लाख से अधिक कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इस तरह राज्य में रिकवरी दर बढ़कर लगभग सतयासी प्रतिशत तक पहुंच गई है प्रदेश में कोरोना सं क्र मितों की पहचान के लिए रोजाना इक्कीस हजार से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

मुरिया दरबार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मांझी चालकी मेंबरीन और नागरिक शामिल हुए इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बस्तर दशहरा के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मांझी चालकी सहित विभिन्न पदाधिकारियों के मानदेय को बढ़ाने की घोषणा की इसके तहत मांझियों को मानदेय के रूप में अब दो हजार रूपये चालकियों को एक हजार रूपये कार्यकारिणी मेंबरीन को ग्यारह सौ रूपये साधारण मेंबरीनों को डेढ़ हजार रूपये और पुजारियों को साढ़े तीन हजार रूपये दिए जाएंगे वहीं मुख्यमंत्री ने सभी मांझी चालकियों से आवेदन लेकर वन अधिकार पट्टा देने और मांझी चालकी के रिक्त पदों पर छह माह के भीतर भर्ती किए जाने की भी घोषणा की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पुलिस ऑफिसर मेस में बस्तर दशहरा उत्सव से जुड़े सभी मांझी चालकी और मेंबर मेंबरीन के साथ बैठकर भोजन किया इसके पहले मुख्यमंत्री ने जगदलपुर स्थित दंतेश्वरी माई मंदिर में पूजा अर्चना भी की माओवादी मुठभेड़ सुकमा जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से बड़ी मात्रा में माओवादी साहित्य और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है साथ ही माओवादियों के एक कैम्प को भी ध्वस्त कर दिया गया मिली जानकारी के अनुसार किस्टाराम थाना क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी होने की सूचना पर कोबरा बटालियन डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इसी दौरान ग्राम पालाचलमा के जंगलों में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग गए वहीं सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाई गई एक सौ तैंतीस स्पाइक को बरामद किया है ये स्पाइक सीआरपीएफ के दल ने कोंडासावली के पास से सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा के दौरान बरामद की है बिहान गोबर दीये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत स्व सहायता समूह की महिलाएं गोबर के दीये और धान से आकर्षक ग्रीटिंग कार्ड बना रही हैं महासमुंद जिले के ग्राम कांपा में राधाकृष्णा स्व सहायता समूह और ग्राम कछारडीह के जय श्री कृष्ण स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा घरेलू सामानों से सजावटी ग्रीटिंग कार्ड बनाया जा रहा है आकर्षक ग्रीटिंग कार्ड की कीमत भी बहुत कम है जिसकी बाजार में अच्छी मांग है इससे महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है

इस संबंध में भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है

विस्फोटक अधिनियम के तहत किसी एक निश्चित स्थान पर ही फटाकों की बि क्री की अनुमति दी जाएगी